दोनों पक्ष स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से विचार विमर्श कर रहे हैं चीन की पीप्ल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच मंगलवार को भारत के च्श्ल में बातचीत हई वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव घटाने से संबंधित म्द्दों पर विचार विमर्श करने के लिए शीर्ष सैन्य कमांडरों की यह तीसरी बैठक थी

चार मामलों में से राजधानी ईटानगर और नामसाई से एक एक और दो लोअर सियांग जिला से पाया गया लोअर सियांग जिले से पॉजिटिव मरीज राजस्थान और केरल से जबकि राजधानी ईटानगर का मध्य प्रदेश और नामसाई का तमिलनाडू से लौटा था सभी मामलों की प्ष्टि क्वारंटिन सुविधा केंद्र से हुई है और उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है

इनमें से तीन चांगलांग और एक वेस्ट कामेंग जिले से है

जिला उपाय्क्त ने बताया कि एक बार सभी परिणाम आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी कि क्या कंटेनमेंट जोन घोषित करने की आवश्यकता है या नहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें किसी भी निष्कर्ष में जाने से बचना चाहिए जैसा कि हाल के मामले में देखा गया जिसमें सम्दाय के प्रसार के बारे में अनावश्यक गलतफहमी पैदा की गई है जो भ्रामक है श्री द्रलोम ने कहा कि चूंकि पी टी सी स्विधा क्वारंटिन भी पी टी सी में प्लिस कर्मियों के प्रशिक्षण को फिर से श्रु करने के लिए बंद हो रही है इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश अनुसार आकस्मिक मामलों और छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर राज्य के बाहर से लौटने वालों के प्रवेश को जुलाई एक से तीन तक अस्थायी रुप से निलंबित कर दिया गया है नई एस ओ पी के अन्सार राज्य क्वारंटिन सेंटर लेखी और होटलों में पेड क्वारंटिन सेंटरों के लिए आगमन की रजिस्ट्रेशन राज्य क्वारंटिन सेंटर लेखी में चार ज्लाई से फिर से श्रु की जाएगी और सभी लौटने वालों का कॉन्टेक पॉईंट बंदर देवा के चेकगेट होंगे

श्री पासवान ने कल वच्अल मीडिया ब्रीफिंग में राज्यों को अतिरिक्त खादयान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार दवारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी

स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान प रिषद आई सी एम आर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भ रूप से लिखे इस पत्र में कहा है कि जीवन बचाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रव्यापी अनलॉक के द्रसरे चरण में आजीविका को संरक्षित करना चाहिए